प्रधानमंत्री लोकसभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है और विपक्ष इन पर झूठ और अफवाह की राजनीति कर रहा है उन्होंने कहा कि कृषि कानून प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है

बैंक ऋण म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू ऋण योजनाओं की तत्परता से मंजूरी का आग्रह किया आज भारतीय स्टेट बैंक के मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के म्ख्य महाप्रबंधक उमेश पांडे ने म्ख्यमंत्री से भेंट की इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के प्रकरणों की स्वीकृति और योजना के क्रियान्वयन के बारे में भी बातचीत हई म्ख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अगली बैठक में योजना के अंतर्गत राशि के वितरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी म्ख्य महाप्रबंधक श्री पांडे ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वस्त किया कि इस कार्य में विलंब नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाएगा भारतीय स्टेट बैंक म्ख्यालय द्वारा छोटे व्यवसाइयों की ऋण योजनाओं की अविलंब स्वीकृति के लिए सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है उल्लेखनीय है कि पीएम स्व निधि ऋण योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में सभी राज्यों से आगे है ट्विटर प्रतिक्रिया ट्विटर ने आज सरकारी आदेशों को न मानने के मुद्दे पर सफाई दी है और कहा कि वह सरकार के साथ संपर्क संवाद बनाते हए भारतीय कानून के तहत विकल्प तलाश रहा है ट्विटर की इस सफाई को सरकार ने असामान्य बताते हुए कहा है कि जल्द ही इसपर प्रतिक्रिया दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि ट्विटर ने बातचीत का अन्रोध किया था इस संबंध में मंत्रालय में सचिव ट्विटर के अधिकारियों से बातचीत करने वाले थे ऐसे में बातचीत के पहले ट्विटर की ओर से आया ब्लॉग पोस्ट असामान्य है सरकार जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में म्ख्य अतिथि होंगे नर्मदा जल एवं घाट को प्रद्षण से बचाने के लिए प्लास्टिक की बजाए पत्ते के दोने में दीप दान किया जाएगा नर्मदा जल में कोई भी सामग्री प्रवाहित नहीं की जाएगी सीएमओ माध्री शर्मा ने बताया घाटों पर कचरा एकत्रित करने के लिए पूजन सामग्री कंड सहित डस्टबिन एवं कंटेनर भी रखे जाएगा इधर मोरछली चौक मंदिर में आज नर्मदा प्रतिमा स्थापित की जा रही है

कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे